मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से किया नो मास्क नो एन्ट्री के संकल्प का आहवान स्वयं अनुपालना सुनिश्चित करने को कहा राज्य सरकार ने सभी विभागों में तबादले और पदस्थापन से हटाई रोक ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे आवेदन

मतदान समाप्त होने के बाद सभी पंचायत मुख्यालयों पर मतगणना होगी

रजिस्ट्रार जनरल की ओर से जारी अधिसुचना के अनुसार अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए हाईकोर्ट वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध अर्जेट लिस्टिंग ऑप्शन पर अनुरोध किया जा सकता है वीडियो कांफ्रेंसिंग का लिंक संबंधित अधिवक्ता को मोबाइल पर एसएमएस और ईमेल द्वारा भेजा जाएगा

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थानों सड़कों बाजारों कार्यस्थलों धार्मिक स्थलों सार्वजनिक परिवहन के साधनों सामाजिक आयोजनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यह सबसे प्रभावी तरीका है उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक सामुदायिक और जन संगठनों को इस संकल्प को निभाने के अभियान का नेतृत्व करना चाहिए श्री गहलोत कल प्रदेश में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनने उचित दूरी रखने और अन्य हैल्थ प्रोटोकॉल की प्रभावी अनुपालना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष प्रयास करें उन्होंने कहा कि हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना करवाने की जिम्मेदारी पुलिस के साथ अन्य विभागों को भी दी गई है

परिपत्र में नए वाहनों की खरीद पर रोक लगाई गई है

सभी प्रकार के प्रशिक्षण सेमिनार कार्यशाला उत्सव और प्रदर्शनियों का आयोजन यथासंभव ऑनलाइन किया जाएगा

यानी अब विभिन्न विभागों में ट्रांसफर हो सकेंगे

प्रशासनिक विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ट्रांसफर में सभी आवेदन ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे

आदेश में यह भी कहा गया कि पंचायत चुनावों की आचार संहिता का पालन किया जाए

सहकारी संस्थाओं की गांव गांव में पहुंच से किसानों को फसली ऋण लेने और खाद बीज की उपलब्यता में सुविधा हो सकेगी श्री गहलोत वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों की समूहवार बैठक के दौरान सहकारिता विभाग की समीक्षा कर रहे थे

ये विधेयक इस वर्ष छह अप्रैल को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा विधेयक में सांसदों और मंत्रियों के वेतन और भत्तों में तीस प्रतिशत की कटौती का प्रावधान है

सरकार ने इसे किसानों की आय बढ़ाने और फसल बेचने में सहुलियत के लिए जरूरी बताया है

जिन रेलगाड़ियों में प्रतीक्षा सूची लंबी होती है और मांग अधिक होती है उसके लिए एक और ट्रेन चलाई जाती है जिसे क्लोन ट्रेन कहा जाता है